प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय को डेढ़ गुना कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है बैठक के बाद आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राजकीय मडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत प्रोफेसर का मानदेय नब्बे हजार प्रतिमाह से बढ़ा कर एक लाख पैंतीस हजार रूपये कर दिया गया है

इसके साथ ही प्रवक्ता का मानदेय पचास हजार से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रूपया किया गया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का लाभ हर गरीब को मिले इस मकसद से योजना का दायरा बढ़ाया गया है पहले चौबीस हजार से कम आय वाले लोगों को योजना का फायदा मिलता था लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में छियालीस हजार और शहरी इलाकों में छप्पन हजार रूपये तक की आय वाले लोग भी इसके पात्र होंगे इसके साथ ही अस्पतालों का भी दायरा इस योजना के तहत बढ़ा दिया गया है अब गरीब किसी भी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज करा सकेंगे इसके अलावा बैठक में मंत्रिमंडल बैठक में सोनभद्र जिले के उभ्भा गांव के सैंतीस परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल करने का फैसला भी किया गया है उभ्भा गांव में पिछले सत्रह जुलाई को दस आदिवासियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवीपाटन शक्तिपीठ में ब्रहमलीन महंत महेन्द्रनाथ के उन्नीसवीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में भाग लिया कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री चेतन चौहान तथा भाजपा नेता दद्दन मिश्रा भी मौजूद थे श्री योगी आज शक्तिपीठ तुलसीपुर में रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह बलरामपुर और गोण्डा जिलों की समीक्षा बैठक में शामिल होंगे

इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र स्थापित करना

थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में इंडिया राईजिग सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा क्षेत्र को बहुत महत्व दिया गया है इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करने के साथ ही देश को रक्षा साजो सामान के निर्माण का एक बड़ा केन्द्र बनाना भी है श्री सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्षों में देश का रक्षा निर्यात लगभग छह गुना बढ़ा है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

प्रदेश सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किये जाने के बाद सभी जिलों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई हैं मथुरा में एसे किसानों के खिलाफ अभियान चलाते हुए तीन सौ किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सोलह किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इसके साथ ही पराली जलाने की सूचना मिलने के बाद भी किसानों को न रोकने और लापरवाही करने के आरोप में एक लेखपाल और दो कृषि विभाग के कर्मचारियों को निलम्बित किये जाने के साथ ही एक संविदा कर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है प्रदेश के कई अन्य जिलों में प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है इसी क्रम में पीलीभीत जिले में पराली जलाने वाले सात किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है जिला प्रशासन अब तक पराली जलाने वाले दो सौ सत्तर किसानों पर एफआईआर दर्ज करा चुकी है और इस सिलसिले में लगभग छह सौ किसानों को नोटिस दिये गये हैं किसानों से छह लाख रूपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है पराली जलाने के मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में एक राजस्व निरीक्षक और सात लेखपालों को भी निलम्बित कर दिया गया है वहीं शाहजहांपुर में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रूख अपनाया है इस कड़ी में ज़िले के निगोही इलाके के दो किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है

इसी क्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिये सिटीजन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली समस्याओं का बेहतर ढंग से निराकरण किया जा सके

सबसे पहले इसमें हम लोग वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्टेशन कर रहे हैं

दूसरा जब कार्रवाई कर ली जायेगी तो उसके ऊपर नोट किया जायेगा और फिर यही क्या हमने किया तीसरा एक्टिव पुलिसिंग का अपने शब्द का इस्तेमाल किया तो उनके जन्म दिन पर या त्यौहार पर पुलिस जा करके उनसे मिलेगी और कोई परेशानी नहीं है तो भी उनसे कुछ सजेशन पूछ कर आयेगी प्रदेश के सभी ज़िलों में रहने वाले सैन्य और असैन्य रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान क लिये आगामी तेईस और चौबीस नवम्बर को लखनऊ छावनी स्थित सेना चिकित्सा कोर केन्द्र और कॉलेज के स्टेडियम में रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है दो दिवसीय इस पेंशन अदालत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे देश की स्वतंत्रता क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई की आज जयन्ती है इस अवसर पर उनके गुह नगर झांसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नगर में आयोजित कार्यक्रमों में सामाजिक व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ साथ आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जनोत्सव के क्रम में शहर के प्रमुख चौराहों को सजाया गया है इस मौके पर तिरंगा यात्रा और रानी झांसी की शोभा यात्रा निकाली गई तिरंगा यात्रा का समापन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली महारानी लक्ष्मी बाई इतिहास की विभ्ति है और उनके रण का आभास आज भी गूंजता है इस अवसर पर नगर की महिलाओं और छात्राओं ने रानी लक्ष्मी बाई की वेशभूषा में बाईक रैली निकाली इस रैली का उद्देश्य नारी शक्ति को रेखांकित करना था इसके अलावा शहर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया वहीं हमीरपुर में आयोजित संगोष्ठी में आजादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान और शौर्य पर चर्चा की

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सांसदों ने केन्द्रीय कक्ष में स्वर्गीय गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद डी एम के नेता टी आर बालू और संसद के मौजूदा तथा पूर्व सदस्यों ने भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की अमरोहा में ज़िला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने स्वर्गीय गांधी को लौह महिला की संज्ञा देते हुए देश के लिये उनके योगदान पर चर्चा की कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय गांधी के जीवन आदर्शो पर चलने का आहवान भी किया ज़िले के गजरौला हसनपुर और धनौरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद किया